राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में केन्द्र सरकार के निर्देशों का जिक्र भी किया गया है नए निर्देश के तहत अब सभी मृतको की कोरोना जांच जरूरी नहीं होगी जिनमें लक्षण होंगे उनकी जांच की जा सकेगी नए निदेशो के अनुसार रिपोर्ट आने से पहले निर्धारित प्रोटोकाल की पालना का शपथ पत्र लेकर शव परिजनों को सौंपा जा सकेगा पोस्टमार्टम भी विशेष परिस्थितियों में होगा यदि परिजन शव लेने से इनकार करे तो स्थानीय निकाय लिखित अनुमति लेकर अंतिम संस्कार कर सकेंगे वहीं मृतक को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए लिखित अनुमति भी जरूरी नहीं होगी

इसका उद्देश्य जीवनपर्यन्त सीखने के कम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है

प्रदेश में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य लगातार जारी है हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई है वही दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक भी सीमित संसाधनों के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा की अलख जगा रहे हैं

उन्होंने कहा कि बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है

इन पंचायतों में मतदान चार चरणों में होगा

इसके अलावा संशोधन भी कराया जा सकता है

उन्होंने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में श्री गहलोत ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है

इनके लिए आरक्षण जरूरी होगा ये ट्रेन अजमेर और जबलपुर के बीच प्रयागराज और जयपुर के बीच डिब्रगढ़ और लालगढ़ जोधपुर और दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर और मैसूर के बीच तथा भिवानी और कानपुर के बीच संचालित होंगी

एसीबी के दल ने कुलपति आवास पर कार्रवाई करते हुए दो लाख बीस हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए कुलपति सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपी कुलपति पूर्व में जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर रह चुके हैं

मौसम विभाग ने आज अजमेर भीलवाड़ा दौसा टोंक बूंदी कोटा और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें